मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिये कोई चुनौती नहीं है

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केवल एनडीए सरकार ने खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाने का किसानों से किया अपना वादा पूरा किया है श्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में किसानों की एक रैली को सम्बोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने फसल की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का एतिहासिक फैसला लिया प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसान देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं देश बढ़े बदलाव की और बढ़ रहा है और सवा सौ करोड़ से अधिक देशवासी नये भारत के निर्माण के लिये कड़ी मेहनत कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि देश की आत्मा किसानों और गांवों में बसती है उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जबतक किसानों वंचित वर्ग के लोगों और गांव का विकास न हो कृषि बदलाव केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि खाद्यान के अभाव वाले देश आगे बढ़कर खाद्यान के अधिशेष वाले देश के रूप में बदलाव भारतीय कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस कार्यकम में उन्होंने कहा कि भारत न केवल आयातक देश से निर्यातक देश में बदल गया है बल्कि खाद्यान के मामले में आत्मनिर्भरता और पोषण सुरक्षा भी प्रदान की है उन्होंने कहा कि सरकार का उद्वेश्य कृषि विज्ञान केन्द्रों की सहायता से करीब सरकार की आठ सौ योजनाओं पर अमल के लिये प्रयोगशालाओं से लेकर खेतों तक जरूरी सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करना है मुख्यमंत्री रतलाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिये कोई चुनौती नहीं है श्री चौहान ने आज रतलाम में जनअशीर्वाद यात्रा के दौरान पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रदेश में कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह कोई भी भाजपा के लिये चुनौती नहीं है मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं के बयानों के सम्बंध में कहा कि इन बयानों से भाजपा को ही फायदा मिलता है उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पहले प्रदेश बिमारू और उजाड़ था न सड़कें थी न बिजली और न पानी था उन्होंने स्थिति सुधारने के लिये कमबद्ध तरिके से काम किया है श्री चौहान ने कहा कि आज सड़कें बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है इससे आगे अब प्रदेश को समृद्ध बनाने की तैयारी करना है इसके लिये प्रदेश की जनता से सुझाव लेकर समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प पत्र तैयार करेगी युवा खेल केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठोर ने कहा है कि देशभर में दो से तीन करोड़ बच्चों की खेल प्रतिभाओं का पता लगाने के लिये केन्द्र जल्द ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू करेगी गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शारीरिक क्षमता के आधार पर हर साल एक हजार बच्चों का चयन किया जायेगा सभी स्कूलों में बच्चों की शारीरिक योग्यता की जांच की जायेगी

राहुल पत्र कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद के आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की अपील की है

उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा और और उसके सहयोगी दलों को बहुमत प्राप्त है इसलिये सरकार को इसे पारित कराने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये श्री गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी पार्टी राजनीति से उपर उठकर इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग करें

लोग नरेन्द्र मोदी एप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

संस्कृत विद्यालय स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने आज भोपाल में शासकीय कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय की शुरूआत की यह विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान द्वारा शुरू किया जा रहा है यह प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय है इसमें कक्षा छह से बारहवी तक अध्यापन कराया जाएगा कक्षाओं में तीन विशेष संस्कृत साहित्य संस्कृत व्याकरण और संस्कृत संस्कृति के साथ एनसीआरटीआई के तहत विज्ञान सामाजिक विज्ञान और गणित की पढ़ाई भी होगी प्रत्येक कक्षा के लिये तीस स्थान निर्धारित है पहले चरण में कक्षा छह और नवी में प्रवेश दिया जाएगा

श्री सिंह ने आज भोपाल में एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि पौधारोपण के नाम पर पांच सौ करोड़ रूपये का घोटाला किया गया है इसके माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता इसका फायदा उठा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नर्मदा संरक्षण के नाम पर पिछले साल साढ़े छह करोड़ पौधो का दावा किया था उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिये अन्य राज्यों से कागजों पर पौधे मनमाने दामों पर खरीदे गये चलित थाना शिवपुरी जिले में पुलिस ने जनसुनवाई की तर्ज में ग्रामीणों की समस्याओं के हल के लिये चलित थाना नामक एक नई पहल की शुरूआत की है हमारे संवाददाता के अनुसार इस पहल में पुलिस अधीक्षक से लेकर सम्बन्धित सभी पुलिस अधिकारी एक साथ मौके पर जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान करते हैं इसकी शुरूआत जिले के करेरा की जिला ग्राम पंचायत में की गई जो काफी सफल रही इस चलित थाने के शुरू होने से ग्रामीणों का पूरे दिन का सही उपयोग हो पाता है साथ ही उनका समय और पैसा भी बच जाता है इसलिये हमने चलित थाने की शुरूआत की है दुर्घटना मौत प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हुए दो हादसों में दो बच्चों सहित पांच लोगों की मौत हो गई और बीस से अधिक लोग घायल हो गये शिवपुरी जिले के करेरा के अमोला गांव के नजदीक झांसी फोरलाइन पर एक ट्रक और ट्रेक्टर ट्राली की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और बीस से अधिक लोग घायल हो गये घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है उधर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से सात किलोमीटर दूर बोहता गांव में आज एक ट्रक की चपेट में आने से दो बच्चों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई दुर्घटना के बाद चालक द्रक लेकर फरार हो गया पुलिस ने मामला दर्ज कर द्रक चालक की तलाश कर रही है मौसम मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटो के दौरान राज्य के होशंगाबाद इंदौर उज्जैन जबलपुर सागर शहडोल भोपाल रीवा ग्वालियर और चंबल संभागों के कई जिलों में अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अरब सागर में बने सिस्टम से फिर से एक बार मालवा क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है वहीं बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम छत्तीसगढ़ से धीरे धीरे प्रदेश की ओर बढ़ रहा है जिससे अगले अड़तालीस घंटों में इसके राजधानी भोपाल में तेज बारिश हो सकती है पिछले चौबीस घंटो के दौरान प्रदेश के इंदौर और उज्जैन होशंगाबाद जबलपुर शहडोल संभागों के जिलों मे अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गयी सबसे अधिक बारह सेन्टीमीटर बारिश कोलारस में दर्ज की गयी

बैठक में लोक निर्माण विभाग के तहत कार्यो और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण के कार्यो की समीक्षा की जायेगी

यह जिले की पहली पंचायत है जनपद में कुल तिहत्तर गांव पंचायते और एक सौ इकत्तीस गांव शामिल हैं